राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में छियालीस शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इनमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के माध्यमिक शाला सिहमुडी कटघोरा की शिक्षक सीमा चतुर्वेदी भी शामिल हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने में सक्रिय भागीदारी करें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान उधर शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अड़तालीस शिक्षकों और आठ विद्यालयों को सम्मानित किया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन शिक्षकों को श्रीफल प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि प्रदान की समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की इस मौके पर चवालीस शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान के रूप में इक्कीस इक्कीस हजार रूपये की राशि प्रदान की गई वहीं चार शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार के रूप में पचास पचास हजार रूपये की राशि प्रदान की गई इनमें जांजगीर चांपा के रामनाथ साहू को डॉक्टर मुकृटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार रायपुर की रजनी शर्मा को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार दुर्ग के संजय कुमार मैथिल को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार और गरियाबंद के संतोष कुमार साहू को डॉक्टर गजानन्द माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया समारोह में राज्यपाल ने बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान देने पर जोर दिया इसके अलावा उन्होंने शैक्षणिक कार्य में नवाचारों का प्रयोग करने की जरूरत बताई वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण किया उन्होंने कहा कि सभी युगों में गुरूओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से और बेहतर करने की चुनौती सभी शिक्षकों पर है रेणुका सिंह केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि सरकार जनजातीय समाज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी साथ ही उनके लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी करेगी आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए समाज को साथ लेकर जन जागरण अभियान भी शुरू किया है

उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के संचालन के नियम बनाए जा रहे हैं बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा श्री सिंहदेव आज बस्तर जिले के बास्तानार विकासखण्ड के तिरथुम गांव में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री सिंहदेव ने कहा कि वनोपजों की खरीदी को बिचैलियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने पंद्रह प्रकार के वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है विधानसभा विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र दो और तीन अक्टूबर को होगा सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है इस सत्र का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है सत्र के दौरान महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी

इसी तरह पंचायत चुनाव के लिये सत्ताईस सितम्बर से पांच अक्टूबर के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि कलेक्टर द्वारा तय किए गए स्थान पर अधिकारी लोगों से दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार करा लें एपीएल राशनकार्ड प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य परिवारों एपीएल के लिए नये राशनकार्ड बनाने का काम कल से शुरू होगा जो दस अक्टूबर तक चलेगा एपीएल कार्डधारी परिवारों को सदस्य संख्या के आधार पर राशन दिया जाएगा एक सदस्यीय परिवार को दस किलो चावल दो सदस्यीय परिवार को बीस किलो और तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पैंतीस किलो चावल हर महीने दिया जाएगा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों को सामान्य परिवारों का राशनकार्ड समय सीमा में बनाकर देने के निर्देश दिए हैं नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र दस से सत्रह सितम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर निर्धारित आवेदन केन्द्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं वहीं इन केन्द्रों में शासकीय कार्य दिवस में सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक आवेदन जमा होंगे नये राशनकार्ड के लिए पात्र और अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची बाईस सितम्बर तक जारी की जाएगी सूची पर दावा आपत्ति पच्चीस सितम्बर तक की जा सकती है नए राशनकार्ड का वितरण दो से पांच अक्टूबर तक किया जाएगा आरक्षण अध्यादेश राज्य शासन ने प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए बयासी प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश जारी कर दिया है इसके तहत अनुसूचित जाति को तेरह अनुसूचित जनजाति को बत्तीस अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा राजपत्र में प्रकाशन के बाद पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो गई है विधि और विधायी विभाग द्वारा जारी इस अध्यादेश के अनुसार प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की भर्ती में यह आरक्षण लागू होगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही दस फीसदी गरीब सवर्णों को मिलाकर बयासी फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था बालोद हादसा बालोद जिले में उफनते केरी नाले में एक वाहन के बह जाने से एक ही परिवार के छह लोग बह गए इनमें से दो लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों और जिला प्रशासन की टीम ने एक महिला का शव बरामद कर लिया है वहीं तीन अन्य लोग अभी भी लापता हैं यह घटना बीती रात डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम माटरी और हितकसा के बीच की है जब पुनारकसा गांव का एक परिवार दल्लीराजहरा अस्पताल से इलाज कराकर अपने घर लौट रहा था इसी दौरान उफनते नाले को पार करते समय यह हादसा हो गया

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार इस समय तटीय ओडिशा पर कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में बारिश हो रही है संक्षिप्त समाचार दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण टाटानगर ईतवारी टाटानगर पैसेंजर आज से नौ सितंबर तक रद्द कर दी गई है रायपुर के सड्डू स्थित आईटीआई में कल आईटीआई उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है